सारण से राजद के चंद्रिका राय के खिलाफ निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

राजद के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव ने नया राजनीतिक मोर्चा बनाने की घोषणा की है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसका नाम लालू राबड़ी मोर्चा होगा श्री यादव ने कहा कि वे सारण लोकसभा सीट से राजद के चंद्रिका राय के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे तेज प्रताप यादव लोकसभा चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिये जाने से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने जहानाबाद तथा शिवहर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव के बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार किया है प्रदेश में तीसरे चरण में पांच संसदीय क्षेत्रों के लिये होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये आज छह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया झंझारपुर से पूर्व केन्द्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और वाम दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लक्ष्मण प्रसाद यादव ने अपना पर्चा दाखिल किया

मधेपुरा से निर्दलीय अरशद हुसैन और रीमा देवी ने जबकि खगड़िया से जनहित किसान पार्टी के विनय कुमार वरूण ने नामांकन पत्र दाखिल किया अररिया से आज एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया इस चरण के तहत अठासी लाख इकतीस हजार नौ सौ छप्पन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे लोकसभा चूनाव के चौथे चरण के लिये प्रदेश के पांच संसदीय क्षेत्रों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर के लिये कल अधिसूचना जारी होगी इन क्षेत्रों में उनतीस अप्रैल को मतदान होना है अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी कल से शुरू हो जायेगा नामांकन की अंतिम तिथि नौ अप्रैल निर्धारित है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि बारह अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आज समस्तीपुर में मुंगेर और दरभंगा प्रमडल के अधिकारियों के साथ चौथे चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिये अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल गया और जमुई में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे इस दौरान जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान के साथ साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे गया से इस बार जदयू के विजय मांझी चुनावी मैदान में हैं जबकि जमुई से लोजपा संसदीय दल के अध्यक्ष और निवर्तमान सांसद चिराग पासवान एनडीए उम्मीदवार हैं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पूर्णियां जिले के गढ़बनैली में महागठबंधन उम्मीदवार उदय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री यादव ने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है वहीं श्री यादव ने कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के समर्थन में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया भाकपा माले ने अपने तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है सीवान संसदीय क्षेत्र से अमरनाथ यादव जहानाबाद से कुंती देवी और काराकाट सीट से राजाराम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चौदह अप्रैल से पार्टी का प्रचार अभियान शुरू होगा गौरतलब है कि आरा से पार्टी पहले ही राजू यादव को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में महागठबंधन से अलग छह संसदीय क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडेय ने बताया कि बांका पूर्णिया कटिहार किशनगंज और गया सीट से पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया है एक और सीट पर विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर पार्टी उम्मीदवार नहीं देगी वहां महागठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन दिया जायेगा गौरतलब है कि झामुमो ने झारखंड में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीटों के तालमेल को लेकर समझौता किया है शेखप्रा में जम्रई संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार भूदेव चौधरी के स्थानीय अभिकर्ता उमाशंकर सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है रोहतास जिला प्रशासन ने सासाराम संसदीय क्षेत्र में चूनाव सम्पन्न कराने के लिये बीस हजार अर्द्वसैनिक बलों की चुनाव आयोग से मांग की है जमुई में आज दिव्यांग जनों ने मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की वहीं दरभंगा जिले के केवटी स्थित मध्य विद्यालय बेहटा में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया शिवहर जिले में परदेसिया गांव में जिलाधिकारी अरशद अजीज के नेतृत्व में मतदाताओं की जागरूकता के लिये पैदल मार्च का आयोजन किया गया पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने आचार संहिता अनुपालन के संबंध में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सभी थानाध्यक्षों को चुनाव सभा और जुलूस आयोजित करने की पूर्व अनुमति देने को कहा है जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला रोचक होने के आसार हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यहां ग्यारह अप्रैल को मतदान होगा हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट साउंड बाईट भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जहां मौजूदा सांसद चिराग पासवान को फिर से उतारा है वहीं पहले जमुई के प्रतिनिधित्व कर चुके भूदेव चौधरी महागठबंधन की ओर से रालोसपा के टिकट पर उनके सामने हैं दोनों ही एक एक बार क्षेत्र का प्रतिनिदित्व करने का अनुमव है बसपा प्रत्यासी उपेन्द्र दास इसे त्रिकोणीय बनाने का जी तोड़ कोशिश कर रहे है चुनावी मुकाबले में कुल नौ प्रत्याशी रह गये हैं

जबकि तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जदयू प्रत्याशी के रुप में तीसरे स्थान पर रहे थे जमुई राजनीतिक दिग्गजों की जन्ममूमि और कर्मभूमि रही है पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह और विधान परिषद के पूर्व सभापति श्याम प्रसाद सिंह का क्षेत्र से नाता रहा है जमुई के लछवार क्षेत्र का भगवान महावीर की ज्ञान भूमि माना जाता है जिले के सदर प्रखंड को छोड़ कर सभी प्रखंड नक्सल प्रभावित है उद्योग धंधों के विकास नहीं होने के कारण बेरोजगारी एक बडी समस्या है जो जमुई के लोगों के लिए एक बडे दंश के समान है आकाशवाणी समाचार के लिए जमुई से पंकज कुमार मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में पुलिस ने मुफस्सिल और जमालपुर थाना में दर्ज अलग अलग कांडों में अनुसंधान पूरा कर उनतालीस तस्करों के खिलाफ मुंगेर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है एक अन्य मामले में एनआईए ने पटना रिथित विशेष अदालत में छह हथियार तस्करों के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दायर किया है गौरतलब है कि मुंगेर पुलिस ने मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से चुराये गये बाईस एके सैंतालीस राइफल बरामद किये थे केन्द्र सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा छह महीने बढ़ाकर इस वर्ष तीस सितंबर तक कर दी है पहले यह समय सीमा इकतीस मार्च तक थी बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है आज देना बैंक और विजया बैंक का इसमें विलय हुआ अब इस बैंक की साढ़े नौ हजार शाखाएं और तेरह हजार चार सौ एटीएम हो गए हैं बैंक के कर्मचारियों की संख्या भी बढ़कर पचासी हजार हो गई है जो बारह करोड़ उपभोक्ताओं की सेवा करेंगे प्रदेश के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आज भी कई जगह बारिश हुई है किशनगंज जिले के ठाक्रगंज में पंद्रह मिलीमीटर बहादुरगंज में दस दशमलव चार मिलीमीटर जबकि खगड़िया के परबत्ता में आठ दशमलव चार मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी जमुई और बांका जिले में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की खबर है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज आंधी की संभावना जतायी है गया जिले के इस्माइलपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी घटना से आक्रोशित लोगों ने घंटों तक रेल परिचालन को बाधित रखा शेखपुरा जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी जितेन्द्र कुमार को बारह वर्ष कारावास और बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है बेगूसराय जिले के रिफाइनरी पुलिस आउट पोस्ट के हरपुर ढ़ाला के पास से पुलिस ने एक ट्रक से पैंसठ लाख रूपये मूल्य की छह सौ उनचास कार्टन शराब बरामद की है मौके से चालक को गिरफ्तार किया गया है

सारण से राजद के चंद्रिका राय के खिलाफ निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव